प्रदेश में आज एक सौ नौ कोरोना संक्रमित मरीज मिले राजधानी में सबसे ज्यादा पैंसठ मरीजों की पुष्टि सीबीएसई ने बारहवीं की परीक्षा के नतीजे घोषित किए अठासी प्रतिशत से अधिक छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए राजनांदगांव पुलिस ने माओवादियों द्वारा जंगल में छिपाकर रखे गए हथियारों का जखीरा और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की

कोरोना मरीज प्रदेश में आज शाम तक एक सौ नौ नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं राजधानी रायपुर में आज भी सबसे ज्यादा पैंसठ मरीजों की पुष्टि हुई है जिसमें सांसद सुनील सोनी का वाहन चालक भी शामिल है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दुर्ग में पंद्रह राजनांदगांव और मुंगेली में नौ नौ तथा बेमेतरा में चार कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है प्रदेश में अब कुल मरीजों का आंकड़ा बयालीस सौ को पार कर गया है दुर्ग जिले में पंद्रह मरीजों की पुष्टि हुई है उनमें से पाटन में पांच मरीज मिले हैं जिनमें से दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी हैं जबकि एक मरीज पाटन में ही स्थित एक मेडिकल स्टोर्स का संचालक है इसके अलावा दो मरीज अमलेश्वर स्थित बटालियन के जवान हैं वहीं राजनांदगांव जिले में आज नौ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है इनमें आईटीबीपी सोमनी कैम्प के सात जवान शामिल हैं वहीं एक साल्हेवारा और एक मरीज मोहला का है जिले से आज दो कोरोना पॉजीटिव मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इसी तरह गरियाबंद जिले के मगरलोड थाने में पदस्थ दो जवानों में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है जिसमें एक आरक्षक और दूसरा नगर सैनिक का जवान है सीएमएचओ डॉक्टर डीके तुर्रे ने बताया कि दोनों जवानों को कोविड अस्पताल धमतरी में भर्ती कराया जा रहा है फिलहाल थाने को सील कर दिया गया है उधर बस्तर जिले में कल तीन कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले थे इनमें से दो सौ चार बटालियन के दो जवान भी शामिल हैं इन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज डिमरापाल में भर्ती कराया गया है

जिला प्रशासन के साथ व्यापारी संगठनों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया बैठक में राजधानी के अलग अलग व्यापारी संगठन और चेंबर के प्रतिनिधि शामिल हुए बैठक में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सख्ती बरते जाने पर सहमति बनी है इस बात का भी निर्णय लिया गया है कि दुकान में बिना मास्क पहने आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं दिया जाएगा उधर अंबिकापुर में भी कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सभी व्यापारिक संगठन जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की मांग पर कल और परसों दो दिनों के लॉकडाउन को जिला प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है इस दौरान सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिनमें किराना और सब्जी बाजार भी शामिल हैं बंद रहेंगे हालांकि बैंक पोस्ट ऑफिस सहित सभी शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे अत्यावश्यक सेवाएं भी जारी रहेंगी कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है यह लॉकडाउन जिन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा वहां पूरी सख्ती बरती जाएगी स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच और इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की उन्होंने राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की बैठक में प्रतिदिन अधिक से अधिक सैंपलों की जांच के निर्देश दिए श्री सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश में जांच की सुविधा लगातार बढ़ायी जा रही है राजनांदगांव बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में जल्द ही सैंपलों की आरटी पीसीआर जांच शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि सभी जिलों में जल्द ही द्रू नॉट विधि से जांच की सुविधा शुरू होगी श्री सिंहदेव ने बैठक में संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने और सर्वे के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मितानिनों के प्रशिक्षण की भी जानकारी ली सीबीएसई परिणाम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज बारहवीं की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग छह प्रतिशत बेहतर रहा इस वर्ष अठासी प्रतिशत से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए जो पिछले वर्ष की तुलना में पांच प्रतिशत अधिक है परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट सीबीएसई रिजल्ट डॉट एनआईसी डॉट इन पर देखे जा सकते हैं प्रयास विद्यालय परीक्षा स्थगित प्रदेश में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित प्रयास और एकलव्य आवासीय विद्यालयों में कल और सोलह जुलाई को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है प्रवेश परीक्षा की आगामी तिथि निर्धारित होने पर अलग से इसकी सूचना दी जाएगी सीएम ई कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण लघु वनोपजों और वनौषधियों के वैल्यू एडिशन तथा माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं के कौशल उन्नयन के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक गैर सरकारी संगठनों को राज्य सरकार हरसंभव सहयोग देगी मुख्यमंत्री कल रायपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित पेन आईआईटी ग्लोबल ई कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे कॉन्क्लेव में राज्यसभा सांसद जयराम रमेश के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के चवालीस प्रतिशत भू भाग में वन हैं यहां लघु वनोपजों और वनौषधियों की विपूल संपदा है कोदो कुटकी सहित अनेक ऐसे उत्पाद है जिनकी पूरी दुनिया में मांग है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इन उत्पादों में वैल्यू एडिशन होता है तो स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे साथ ही उत्पादकों को उनकी कीमत का अच्छा मूल्य मिलेगा

मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले छुरिया के जोक और कटेगा के बीच मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार एक माओवादी के पास से बरामद डायरी के आधार पर की गई छापेमारी में हथियारों का यह जखीरा बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली है पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने बताया कि जिला पुलिस बल छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और बीडीएस की संयुक्त टीम गातापार और बाघनदी क्षेत्र में तलाशी अभियान पर निकली थी इस दौरान घोबेदल्ली मांगीखोली और छुईपानी के जंगल में गिरफ्तार माओवादी द्वारा बताए गए पांच अलग अलग जगहों पर डम्प बरामद किया गया जिसमें दो डम्प खाली पाए गए वहीं अन्य तीन डम्प में स्टील डिब्बा के अंदर पिस्टल के एक सौ चौदह कारतूसों के साथ ही एके फोर्टी सेवन की गोलियां वायरलेस यॉकी टॉकी सेट डेटोनेटर पॉलीथिन डायरी और अन्य माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं उद्यानिकी फसल बीमा प्रदेश में चालू खरीफ वर्ष के अंतर्गत पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई है इसके तहत ऋणी और अऋणी किसान परसों पंद्रह जुलाई तक लोक सेवा केन्द्र बैंक शाखा सहकारी समिति या बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर अपनी उद्यानिकी फसलों का बीमा करवा सकते हैं चयनित उद्यानिकी फसलों का बीमा कराए जाने के लिए किसानों को उन फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान की पांच प्रतिशत राशि देनी होगी प्रीमियम की शेष राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी

इसे अधिकारियों के निर्देश पर अलग रखा गया है संग्रहण केन्द्र के प्रभारी पवन नामदेव ने बताया कि आरंगी समिति के अमानक धान को संग्रहण केन्द्र में स्वीकार नहीं किया गया है अमानक धान का पंचनामा बनाकर धान उपार्जन केन्द्र आरंगी के प्रभारी को पत्र भेजा गया है कोरोना योद्धा राखी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वाले योद्वाओं की कलाई पर इस बार राखी पर्व के अवसर पर धमतरी जिले में तैयार की जा रही राखियां सजेंगी मिली जानकारी के अनुसार जिले के छाती गांव के मल्टी यूटिलिटी सेंटर में बांस और गोबर से बनाई जा रही मनमोहक राखियां स्वास्थ्य पुलिस पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अलावा आदिवासी विकास विभाग तथा स्वच्छ भारत मिशन के दस हजार से अधिक भाइयों की कलाई इस राखी से सजेंगी बताया जाता है कि अलग अलग विभाग के लिए बनाई जा रही राखियां उनके कर्तव्य के अनुसार डिजाइन की जा रही हैं पुलिस विभाग की राखी में तिरंगा स्वास्थ्य विभाग में रेडक्रॉस की प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा और अन्य विभागों की राखियों में भी प्रतीकात्मक स्वरूप अंकित किया जाएगा उधर जांजगीर चांपा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी रक्षाबंधन पर्व की तैयारियां शुरू कर दी हैं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि महिला स्व सहायता समूह को विभिन्न गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर समूहों को राखियां बनाकर बेहतर स्व रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है राखियां बनाने में धान चावल रूद्राक्ष रंगीन मोती स्टोन और रंगीन धागे का उपयोग किया जा रहा है बाल विवाह रोक कॉडागांव जिला प्रशासन की टीम ने जिले के ग्राम बड़ेकनेरा में बाल विवाह को रूकवाने में सफलता हासिल की है मिली जानकारी के मुताबिक महिला और बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण इकाई को ग्राम बड़ेकनेरा में बाल विवाह की सूचना मिली थी जिस पर कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में एक संयुक्त टीम का गठन कर ग्राम बड़ेकनेरा भेजा गांव में परिजनों द्वारा एक सोलह वर्षीय बालक का विवाह बीस वर्षीय युवती के साथ कराया जा रहा था टीम द्वारा समझाइश देने के बाद परिजन विवाह रोकने पर सहमत हुए इस दौरान वर और वधु दोनों पक्षों से निर्धारित आयु के पहले विवाह नहीं कराने को लेकर शपथ पत्र भरवाया गया जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के तहत कल जांजगीर से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस रथ के माध्यम से आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी की थीम पर परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा साथ ही पोस्टर और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से परिवार नियोजन के उपाय के बारे में जानकारी दी जाएगी मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर आज भी हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती घेरा पूर्वी बिहार और उसके आसपास बना हुआ है जिसके असर से प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है आगामी चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के मैदानी इलाकों के अलावा बस्तर संभाग और उससे लगे हुए जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है संक्षिप्त समाचार एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बलौदाबाजार में स्वयं को एसीबी का अधिकारी बताकर पैसे की मांग करने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में चार थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है इनमें शिवरीनारायण और बाराद्वार के टीआई भी शामिल हैं महासमुंद जिले में जिला अंत्यावयायी सहकारी विकास समिति द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति सफाई कामगार और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए पात्र हितग्राहियों से आगामी पच्चीस जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं बिलासपुर में कल देर रात सिविल लाईन पुलिस ने जुआ खेलते हुए इक्कीस लोगों को गिरफ्तार किया है इनके पास से तीन लाख साठ हजार रूपये से अधिक की राशि के अलावा तीन दर्जन से अधिक मोबाइल कार और मोटरसाइकिल जब्त की गई है राजनांदगांव जिले के ग्राम सांकरा में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से सात मवेशियों की मौत हो गई